आयोग ने यह निर्णय एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से चुनाव के समय सत्तारुढ़ दल के लिए निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है भारत ने बुधवार को असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उपग्रह भेदी मिसाइल से अंतरिक्ष में अपने एक उपग्रह को मार गिराया था टेलीविजन रेडियो और सोशल मीडिया पर संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी थी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेंकटेश्वर लू ने बताया कि नामांकन के तीसरे दिन आज कुल सात लोगों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये इनमें प्रगतिशील समाजवादी पॉर्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद संसदीय सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया वहीं संभल से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी ने बदायूं से कांग्रेस के सलीम शेरवानी ने मुरादाबाद से भारतीय हरित पार्टी के श्री दिलेराम ने मैनपुरी से मौलिक अधिकार पार्टी के तेजप्रताप ने और एटा से भाजपा के राजवीर सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया इसके अलावा ऑवला से निर्दलीय उम्मीदवार प्रीती कश्यप ने भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तोसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर सम्भल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बदायूं आंवला बरेली और पीलीभीत लोकसभा निर्चावन क्षेत्र में तेईस अप्रैल को मतदान होगा इस चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अठंठाइस मार्च से शुरू हुई थी जो चार अप्रैल तक चलेगी नामाकन पत्रों की जाँच पाँच अप्रैल को होगी और आठ अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज बदायू में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए हैं उनके कुशल नेतृत्व में जितना काम महिलाओं के लिए किया गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सरकार ने हर मुमकिन कदम उठाये हैं उधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने आज अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करते हुए फिरोजाबाद में जनसंपर्क किया उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है

उन्होंने भाजपा सरकार को किसान मजदूरों व्यापारियों और नौजवानों का विरोधी करार देते हुए कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी आज सुल्तानपुर में लोगों से मुलाकात की और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल नगीना और बागपत में और प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी पॉच अप्रैल को अमरोहा और सहारनपुर में दो स्थानों पर चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे

पार्टी ने गोरखेपुर संसदीय सीट से रामभुआल निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है

पार्टी उत्तर प्रदेश में अब तक सैंतीस में से अपने चौबीस उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि छः बार विधायक रहे चौधरी वीरेन्द्र सिंह के भाजपा में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अन्य नेताओं ने कल लखनऊ में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद पिछले साल हुए लोकसभा के उपचुनाव में गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी

अभियान के प्रभारी प्रकाश पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोलह मार्च को मैं भी चौकीदार अभियान की शुरूआत की थी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि जो भी गरीबी भ्रष्टाचार गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहे हैं वह सभी चौकीदार हैं भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर शख्स चौकीदार है

पुलिस ने बताया मरने वालें में तीन पुरूष और दो महिलायें शामिल हैं ये सभी कार में सवार थे उघर औरैया जिले में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने आलू से लदे ट्रैक्टर ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गयी यह कार वाराणसी से दिल्ली जा रही थी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निघासन खीरी में इस बार लोकसभा के साथ ही विधान सभा का भी उपचुनाव होगा उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं

ये गाडियां हैं केरल एक्सप्रेस हिमसागर एक्सप्रेस हावड़ा एक्स प्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस इन गाडियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के ैअलावा मतदाता हेल्पलाइन नम्बर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा